राज्य में कक्षा एक से पांचवीं तक के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में किया जाएगा प्रोन्नत आठवीं की परीक्षा होगी बोर्ड पैटर्न पर प्रदेश में आज से तीन दिनों तक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना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

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत अनुदान मांगों का जवाब देते हुए डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि केन्द्र सरकार वसुधेव क्टम्बकम पर विश्वास करती है

कल विभिन्न केन्द्र शासित प्रदेशों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई बैठक में प्रधानमंत्री ने कोरोना को रोकने के लिए कडे उपाय की जरूरत पर बल दिया

नौ जिलों भरतपुर बीकानेर बूंदी चुरू दौसा धौलपुर हनुमानगढ़ करौली और सवाई माधोपुर में संकमण का कोई भी नया मामला नहीं मिला

कल इस बीमारी से किसी भी रोगी की मृत्यु नहीं हई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

आगामी कक्षाओं में प्रवेश एक मई से शुरू होगा

ऊर्जा मंत्री डॉ बीडीकल्ला ने बताया कि ये आदेश तीनो विद्युत वितरण निगमों पर लागु होंगे

आरएसी के कमाण्डेन्ट गोविन्द देथा ने बताया कि सफल परीक्षार्थियों का वर्गवार प्रोविजनल परीक्षा परिणाम राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है

आज शेखावाटी क्षेत्र के आसपास के जिलों में बादल गरजने के साथ हल्की बारिश हो सकती है वहीं आने वाले दो दिनों में उदयपुर कोटा अजमेर जयपुर भरतपुर और बीकानेर संभाग के उत्तरी भागों में भी हल्की बारिश की संभावना है इस बीच झालावाड़ जिले में कल धूलभरी आंधी चली और बादलों की गर्जना के साथ हल्की बारिश हुई